प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से तिरंगा फहराया प्रधानमंत्री ने सभी लोगों के लिए सुरक्षित पीने के पानी के लिए जलजीवन अभियान और रक्षा क्षेत्र में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लालकिले पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया बाद में प्रधानमंत्री ने गॉर्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गठित करने के दस सप्ताह के भीतर ही सरकार ने लोगों की आकांक्षाएं प्ररी करने का काम किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रयास किए लेकिन इच्छित प्रयास नहीं किए गए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश की समृद्धि के लिये प्रेरक बन सकते हैं पीने के पानी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लालकिले से मैं घोषणा करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बहुत जल्द जल जीवन मिशन शुरू करेगी जिसमें साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि खर्च करने का संकल्प लिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिये तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया उन्होंने कहा कि दुनिया के कई इस्लामिक देशों ने इस कुप्रथा को पहले ही खत्म कर दिया था हम किसी न किसी वजह से हिचकते रहे नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने सौ लाख करोड़ रुपये आधुनिक बुनियादी ढांचे पर लगाने का फैसला लिया गया है

प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिये डिजिटल भुगतान पर जोर दिया शांति और सुरक्षा को विकास का अनिवार्य पहलू बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि असुरक्षा से घिरी आज की दुनिया में विश्व शांति के लिए भारत को अपनी भूमिका निभानी होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान देकर हमारा जीवन रोशन किया है उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का नया पद बनाया जायेगा

विदेशों से भी स्वतंत्रता दिवस मनाने के समाचार मिले हैं

राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्र ध्वज फहराया और मार्चपास्ट की सलामी ली

आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही दुनिया में अमन और चैन कायम किया जा सकता है समारोह में हाड़ी रानी महिला बटालियन पंजाब पुलिस जीआरपी बॉर्डर होमगार्ड और एनसीसी आर्मी विंग गर्ल्स शामिल हुए

जोधप्र में उम्मेद सिंह स्टेडियम में स्वाधीनता दिवस समारोह ध्रमधाम से मनाया गया समारोह में संभागीय आयुक्त बी एल कोठारी ने आकाशवाणी जोधपुर के वरिष्ठ उदघोषक भानुप्रकाश पुरोहित को राष्ट्रीय पर्व के कवरेज और सजीव प्रसारण के लिए प्रशर्सित पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया बीकानेर के करणीसिंह स्टेडियम में आजादी का जश्न मनाया गया

इस अवसर पर बहने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लम्बी आयु की कामना करती हैं रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न संस्थानों की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जयपुर केन्द्रीय कारागार में भी रक्षाबंधन मनाया गया जहां बहनों द्वारा कैदी भाइयों को राखी बांधी गई श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत पाक सीमा पर रिथत हिन्दुमलकोट में स्थानीय महिलाओं और स्कूली बच्चों ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को रक्षा सूत्र बांधे रक्षाबंधन को लेकर रोडवेज ने अतिरिक्त बसें संचालित की हैं

कई स्थानों पर भारी वर्षा के समाचार हैं जिससे बांधों में पानी की आवक बनी हुई है

बांध के गेट से उफनते हुए पानी को देखने के लिए आमजन की भीड़ उमड़ रही है

चित्तौड़गढ में कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज दिनभर जारी रहा बारा में जोरदार वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं जिससे कई रास्ते अवरूद्व हो गए हैं

उधर झालावाड में जारी बरसात से कोटा झालावाड कोटा सांगोद और बारां झालावाड मार्ग बाधित है

कोटा के लाडपुरा कैथून कस्बे में बाढ़ से बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है और नावों द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाया जा रहा है जयपुर उदयपुर और सवाईमाधोपुर में भी रूक रूक कर मध्यम दर्ज की वर्षा से शहर में कई जगह पानी भर गया है छुट्टी के कारण वन क्षेत्र और रमणीय स्थलों पर अच्छी भीड़ जुटी हुई है

चौथे चरण में प्रतिभागियों ने छोटे शस्त्र से अपने शूटिंग कौशल का प्रदर्शन किया

साम्प्रदायिक सोहार्द के प्रतीक जाहरवीर गोगाजी का यह मेला हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा से आरम्भ होता है हनुमानगढ़ जिले के इस मेले में भाग लेने के लिए पड़ौसी राज्यों से भी लाखों की संख्या में श्रद्वालु पहुंचते हैं